राज्यपाल राम नाईक ने कहा देश में वित्तीय साक्षरता के प्रति जागरूकता से विकास को मिलेगा नया आयाम प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने एवं उनकी कृषि आय दोगुनी करने की दिशा में कृषि कुम्भ का आयोजन है एक अभिनव प्रयास केन्द्र सरकार ने दूर संचार कम्पनियों को नए मोबाइल कनेक्शन और मौजूदा कनेक्शन के सत्यापन के लिए आधार के इस्तेमाल को बंद करने के दिए निर्देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के ज़रिये लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क द्वारा प्रसारित किया जायेगा यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट ऑल इण्डिया रेडियो डॉट जी ओ वी डॉट इन पर भी प्रसारण होगा हिन्दी में प्रसारण के तुरन्त बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी यह कार्यक्रम प्रसारित किया जायेगा राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि देश में वित्तीय साक्षरता के प्रति जागरूकता से विकास को नया आयाम मिलेगा श्री नाईक कल लखनऊ में लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन और अवोक इंडिया फाउण्डेशन द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता संगोध्वी में उद्घाटन भाषण दे रहे थे उन्होंने कहा कि विज्ञान और तकनीक के इस्तेमाल से वित्तीय साक्षरता को बढ़ाया जा सकता है इससे जहां एक तरफ बैंकिंग प्रणाली पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा वहीं भ्रष्टावार पर रोक लगेगी श्री नाईक ने जोर देकर कहा कि युवाओं को इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति क्या है और इसे किस तरह व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जा सकता है संगोष्ठी में प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन और अवोक इंडिया फाउण्डेशन के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ट्विवेदी ने भी विचार व्यक्त किये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं में पटाखा विस्फोट की घटना में लोगों की मौत पर दःख व्यक्त किया है श्री योगी ने मृतकों के परिजनों को दो लाख रूपये और गंभीर रूप से घायलों को पचास हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने इस घटना के मद्देनज़र ज़िलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पटाखों को बनाने उनकी परिवहन और बिक्री व्यवस्था के सिलसिले में निरीक्षण करने का आदेश दिया है श्री योगी ने अधिकारियों से कहा है कि दीपावली पर्व के मद्देनज़र पटाखों के बारे में विशेष सतर्कता बरती जाये तथा हादसे से बचने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त सुनिश्चित किये जायें उधर बदायूं में पटाखा विस्फोट की घटना के बाद प्रशासन और पुलिस ने कल आतिशबाजी की द्वानों और गोदामों पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध पटाखों और क्षमता से ज़्यादा आतिशबाज़ी का सामान रखने वाले तीन गोदामों को सील कर दिया है परसों बदायूं के रसूलपुर गांव में आतिशबाज़ी की दुकान में धमाका होने से आठ लोगों की मौत हो गई थी और तीन लोग घायल हो गये थे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी अस्सी सीटों पर विजयी होगी श्री मौर्य कल मुज़फ्फ़्रनगर जिले के शाहपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही है ताकि प्रदेश का सर्वगीण विकास संभव हो सके श्री मौर्य ने कहा कि आम नागरिकों को स्वास्थ्य शिक्षा सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत फायदा पहुंचाया जा रहा है इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने दो सौ अट्ठानवे करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले मुज़फ़्फ़रनगर बुढ़ाना मार्ग तथा तीन सौ दो करोड़ रूपये की अन्य योजनाओं का शिलान्यास भी किया

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों के सम्मान का ख्याल रखा इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने प्रथम विश्व युद्ध में शहीद सैनिकों के परिजनों को अंगवस्त्रम् और तामपत्र देकर सम्मानित किया इसके अलावा उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना स्थानीय विधायक वीर विक्रम सिंह सहित कई गण्यमान्य लोग भी उपस्थित थे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने एवं उनकी कृषि आय वर्ष दो हजार बाईस तक दोगुनी करने की दिशा में कृषि कुम्म का आयोजन का एक अभिनव प्रयास है उन्होंने आशा व्यक्त की है कि किसान नई नई कृषि तकनीक का इस्तेमाल कृषि उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में करेंगे कृषि मंत्री कल लखनऊ में कृषि कुम्म के दूसरे दिन फसल अवशेष प्रबन्धन कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि किसान अपने खेतों के फसल अवशेष पराली आदि को न जलायें क्योंकि इससे न केवल इससे पर्यावरण दूषित होता है बल्कि खेतों में मौजूद मित्र कीट एवं अन्य पोषक तत्व भी जलकर नष्ट हो जाते हैं उन्होंने कहा कि कृषि यंत्र हैपीसीडर का प्रयोग करके फसल अवशेष का खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है उन्होंने कचरा से कंचन बनाने हेतु कृषकों को सुझाव देते हुए फसल अवशेष को न जलाने की अपील की उन्होंने इन सीटू मैनेजमेन्ट योजना के अन्तर्गत कृषि यंत्रों पर किसानों को दिए जा रहे अनुदान के बारे में भी बताया कार्यशाला में केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री श्रीमती कृ ष्णाराज ने कहा कि देश में सबसे गरीब किसान है और जब तक किसान उत्तम नहीं होगा तब तक देश भी उत्तम नहीं हो सकता है कार्यशाला में कृषि राज्यमंत्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह धुन्नी सिंह ने कृषि के क्षेत्र में अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि गाय के गोबर एवं गोमूत्र का प्रयोग कर हम जैविक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं गोमूत्र का फसलों पर छिड़काव करने से नीलगाय उस खेत में नहीं जा सकती गोमूत्र एवं गोबर आदि का छिड़काव करके नीलगाय से फसलों को क्षति होने से बचाया जा सकता है

किसानों की आय दोगुनी करने के उपाय सुझाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा गठित राज्यपालों की समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है इस समिति का गठन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण और खारे पानी समेत विभिन्न चुनौतियों पर विचार करते हुए समिति ने इक्कीस प्रमुख सिफारिशें दी हैं हमारे लखनऊ संवाददाता की एक रिपोर्ट कमिटी ने बड़ी जोत वाले क्षेत्रों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम को पांच से घटाकर ढाई फीसदी करने का सुझाव दिया है एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव के तहत मनरेगा स्कीम को कृषि कार्यो से जोड़ने की सिफारिश की गई है क्यांकि इस योजना के चलते खेती के कामों में मजदूरों की उपलब्धता पर नकारात्मक असर पड़ रहा था कमिटी ने महिलाओं को खेती से जुड़े कार्यों में प्रोत्साहित करने की सिफारिश की है किसानों की समस्या को दूर करने के लिए जनपद स्तर पर कृषि शिकायत निवारण सेल के गठन का भी सुझाव दिया गया है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ